और भक्तिपूर्ण माहौल में आज से शारदीय नवरात्र शुरू

उन्होंने कहा है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व महाविद्यालयों की गहन जांच की जाये श्री टंडन ने कहा है कि निर्धारित शर्तों के आलोक में ही जांच के बाद संबद्वता के लिए प्रस्ताव अग्रसारित होने चाहिए उन्होंने कहा कि सभी कुलपति यह सुनिश्चित करें कि जबतक राज्य सरकार से संबद्धता नहीं मिल जाती कोई भी महाविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश न लें श्री टंडन ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर अपने क्षेत्र के अन्तर्गत संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची भी प्रदर्शित करें ताकि विद्यार्थी किसी के बहकावे या भ्रम में नहीं आएं राज्य सरकार इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली सभी श्रेणी की अविवाहित छात्राओं को दस दस हजार रूपये की प्रोत्साह राशि देगी यह राशि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जायेगी इसके लिये राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में दो अरब उनचास करोड़ पचासी लाख साठ हजार रूपये को स्वीकृति प्रदान की है योजना से राज्य की लगभग दो लाख उनचास हजार आठ सौ छप्पन लड़कियां लाभांवित होंगी वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ के छात्रों को साइकिल खरीदने के लिये राज्य सरकार तीन तीन हजार रूपये देगी राज्य के प्रखंड मुख्यालयों में मॉडल बस स्टैंड और ग्राम पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण कराया जायेगा साथ ही जिले के बस स्टैंड को आधुनिक रूप दिया जायेगा पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण परिवहन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगा जबकि प्रखंडों में मॉडल बस स्टैंड का निर्माण नगर निकाय करायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा है कि अविलंब इन स्टैंडों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें उन्होंने कहा कि सड़कों पर बने जेबरा क्रॉसिंग पर वाहन रूकते हैं कि नहीं इसकी पड़ताल की जाये और जो वाहन वहां नहीं रूकें उनपर कार्रवाई की जायेगी राज्य में बिक रही मछलियों के दस नमूने केमिकल जांच के लिये कोलकत्ता स्थित लैब में भेजा गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके पूर्व भी मछलियों को जांच के लिये भेजा गया था जिसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन पाये जाने के बाद एक बार फिर से मछलियां का नमूना इकट्ठा कर जांच के लिये भेजा गया है पटना के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में दस लोगों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ पांच पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है सभी आरोपित एक ही परिवार के सदस्य हैं उधर भोजपुर जिले के एसीजेएम सात ने हथियार तस्करी के मामले में पिता पुत्र और बहू को तीन तीन साल की सजा सुनायी है राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नल से जल की सुविधा दी जायेगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में पांच और मध्य विद्यालयों में सात नल लगाये जायेंगे उन्होंने कहा कि सभी कार्यपालक अभियंताओं को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर पी एस रंजन ने बताया कि मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित किये जाने के बाद उनमें विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी है जिसे प्ररा करने के लिये अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है शारदीय नवरात्र का त्योहार आज से पूरे धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ शुरु हो गया है इस अवसर पर लोग बड़े सवेरे से ही देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिये मंदिरों में पहुंच रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में सवेरे से ही श्रद्धालु मंदिरों में प्रजा अर्चना कर रहे हैं पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी और छोटी पटनदेवी सारण के दिघवारा स्थित आमि मंदिर गोपालगंज के थावे शक्तिपीठ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है मां दूर्गा के भक्त आज से नौ दिनों तक शक्ति की आराधना करेंगे लोगों ने अपने घरों में कलश स्थापना कर पूजा की तैयारी शुरू कर दी है जर्काता में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में राज्य के दरभंगा जिले के रहने वाले नारायण ठाक्र ने स्वर्ण पदक जीता है नारायण ने सौ मीटर दौड़ के टी थर्टी फाइव कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुये पदक प्राप्त किया नारायण ने अपना पदक बिहार वासियों को समर्पित किया है विजय हजारे ट्रॉफी के तहत चौदह अक्टूबर को मुम्बई के खिलाफ होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिये बिहार टीम में तीन परिवर्तन किये गये हैं अंडर नाईंटीन एशिया कप खेल रहे शब्बीर खान हर्ष विक्रम और विजय भारती को टीम में शामिल किया गया है ब्रनई में बीस अक्टूबर से आयोजित एशियाई महिला सेवेन ए साइड रग्बी फूटबॉल चैंपियनशिप के लिये बिहार की चार खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है पटना नगर निगम पच्चीस सौ किलोमीटर सड़क को मॉडल रोड में तब्दील करेगा नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण पर लगभग सात हजार करोड़ रूपये का खर्च आयेगा उन्होंने कहा कि ग्यारह प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है बिहार रेजीमेंटल सेंटर दानापुर से शहीदों की याद में साइकिल यात्रा निकाली गयी यात्रा में शामिल दस जवान चौदह दिनों में दिल्ली पहुंचेंगे जहां सत्ताईस अक्टूबर को इन्फैंट्री डे समारोह में शामिल होंगे पटना जिले के दीघा थाने में तैनात एक एएसआई के अपशब्दों वाले वीडियो के वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है एसएसपी ने बताया कि एक छापेमारी के दौरान एएसआई के महिलाओं को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गयी मुधबनी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर पूलिस ने जांच के दौरान बीस किलो चांदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित इमरजेंसी कॉलोनी में एक रेलकर्मी के पुत्र की आपसी रंजिश में चाकू मारकर हत्या कर दी गयी जबकि एक अन्य रेलकर्मी को अपराधियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है जिन्हें रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रलिस मामले की जांच कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने गुजरात से बिहारियों के पलायन पर मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये सुर्खी लगायी है बिहार के लोग मजबूती से रहें गूजरात में सीएम दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुख सुर्खी बनाते हुये लिखा है नहीं रूका बिहारियों का पलायन अल्पेश की ठाकोर सेना पर कार्रवाई दस गिरफ्तार घूणा फैलाने वालों पर क्राईम ब्रांच ने कसा शिकंजा दैनिक भास्कर का शीर्षक है ऑडिट के लिये दस्तावेज न देने पर अनिल शर्मा समेत आम्रपाली के तीन निदेशक पुलिस कस्टडी में प्रभात खबर ने कैबिनेट के फैसले को पहले पन्ने पर जगह देते हये शीर्षक दिया है बिहार में पॉलीथिन पर प्रतिबंध सौ से पांच हजार रूपये तक जुर्माना राष्ट्रीय सहारा ने दलितों पिछड़ों को वाहन खरीद पर मिलेगा अनुदान को अपनी प्रमुख बनाया है अखबार आज लिखता है मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

और भक्तिपूर्ण माहौल में आज से शारदीय नवरात्र शुरू